केन्द्र सरकार ने आज कुछ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की हैं राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में बताया गया है कि बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है फागु चौहान लालजी टंडन के स्थान पर बिहार के नये राज्यपाल होंगे जगदीप धनकड़ पश्चिम बंगाल के तथा रमेश बैस त्रिपुरा के राज्य पाल नियुक्त किये गये हैं

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां उनके द्वारा पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने आनन्दी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाये जाने पर बधाई दी है श्री सिंह ने कहा कि श्रीमती पटेल की कुशल संगठन कर्ता के रूप में पार्टी कार्यकताओं के बीच एक पहचान रही है उन्होंने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण की चिंता की है उन्होंने कहा कि श्रीमती आनन्दी बेन पटेल के कुशल मार्ग दर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊँचाईयों को छुएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने गरीबों को मुफ्त रसाई गैस देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उज्ज्वला योजना की प्रशंसा की है एजेंसी ने कहा कि यह पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

रक्षामंत्री ने द्रास में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किये पुस्तिका में अपने संदेश में राजनाथ सिंह ने लिखा कि इस ऐतिहासिक मौके पर वे कारगिल युद्ध के सभी योद्वाओं को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया शहीदों का उत्साह और पराक्रम आज सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है राजनाथ सिंह सैनिकों से भी मिले और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की उत्तर प्रदेश के पूव सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं मे आर्थिक अनुदान की राशि में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है बैठक में पूर्व सैनिकों के कक्षा नौ और दस में पढ़ने वाल बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दो हजार रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया है जबकि कक्षा ग्यारह और बारह में पढ़ने वाले बच्चों को अब चार हजार रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी

बैठक में पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं द्वारा अपने पुनर्वास के लिये गये ऋण की राशि पर छूट की दर बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का स्वागत करते हुए कहा कि उनका अध्यक्ष बनना आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह मं संगठनात्मक कौशल कूट कूट कर भरा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश के परिवहन मंत्री के रूप में अपने सवा दो साल के कार्यकाल में परिवहन निगम को घाटे से उबारकर लाभकारी निगम बना दिया है उन्होंने निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन दिलाया समारोह में भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार के कामों की समीक्षा के बजाय विकास को जनान्दोलन बनाया जाना चाहिए उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को युवा सन्त बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वह इकयासी वर्ष की थी स्वर्गीय शीला दीक्षित दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती दीक्षित अपने निधन से कुछ दिन पहले तक राजनीति में सक्रिय थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमती दीक्षित का उत्तर प्रदेश से गहरा जूड़ाव था राजधानी दिल्ली के विकास में उनकी भूमिका को हमशा याद रखा जायेगा

यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुपालन में शासन के कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं

आनन्द कुमार ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स भेंट कर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का अनुरोध किया था

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक दल भूमि विवाद में अनुसूचित जनजाति के दस लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जाएगा

यह दल जिले के प्रशासनिक और पूलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा

इसमें बिना नियंत्रण वाली जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के व्यापक प्रावधान किये गये हैं इससे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हो सकेगी इस विधेयक में फर्जी जमा योजनाओं के लिए दण्ड और जमा राशि के पुनर्भुगतान का भी प्रावधान किया गया है यह विधेयक इस बारे में लागू अध्यादेश का स्थान लेगा सोनभद्र नरसंहार में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चौबीस घंटे से भी अधिक समय तक चले अपने धरने को आज समाप्त कर दिया मिर्जापुर जिला प्रशासन ने चूनार किला गेस्ट हाउस में आज पीड़ित परिवार की महिलाओं से प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात कराई प्रियंका गाधी ने कहा कि सोनभद्र हत्याकाण्ड मामले में मृतकों के आश्रितों को कांग्रेस पार्टी दस दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देगी